राज्य भर में विषेष श्रमिक रेलगाड़ी से पांच हजार से अधिक मजदूर पहंचे जिला प्रषासन द्वारा सभी को उनके घर तक पहंचाया जाएगा

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश दिल का दौरा पड़ने पर रिम्स में हए भर्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा है कि सभी को कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात ब्रद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढ़ता से खड़ा है प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं

पिछले चौबीस घंटे के दौरान जमशेदपुर और धनबाद समेत राज्य के अधिकाँश हिस्सों में मजदूरों की वापसी हुई जिसमें भारतीय रेल का संबसे बड़ा योगदान रहा जमशेदपुर और धनबाद में भी विषेष श्रमिक रेलगाड़ी से बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे

तेलंगाना से टाटानगर रेलवे स्टेशन पहंची इस ट्रेन में अधिकतर पलाम गढ़वा लातेहार और चतरा के प्रवासी मजदूर थे श्रमिकों के आगमन को लेकर टाटानगर स्टेशन में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था दिखी इधर सूरत से दूसरी श्रमिक स्पेशल ट्रेन भी धनबाद पहुँची

धनबाद स्टेशन पर ज्यादातर मजदूर अपने परिवार के साथ ट्रेन से उतरे सूरत से आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों की ट्रेन से निकासी करने के बाद स्क्रीनिंग की गई उसके बाद उन्हें अपने सम्बंधित जिलों के लिए बसों से विदा किया गयज्ञं कोरोना संकट के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों की वापसी का सिलसिला जारी रहा

साथ ही साथ बेंगलुरु से करीब बारह सौ प्रवासी मजदूर बरकाकाना जंक्शन पहुंचे सोशल डिस्टेंशिग और मेडिकल जांच के बाद इन सबों को होम कोरोनटाईन में भेज दिया गया

गठित मेडिकल टीम ने सभी का स्वास्थ्य जांच किया जांच में सभी स्वास्थ्य पाए गए हैं जिला प्रशासन द्वारा इनका स्वास्थ्य जांच कराने के बाद उन्हें क्वॉरनटाइन सेंटर भेज दिया गया है चंदावा के अंचल अधिकारी मुमताज अंसारी ने बताया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी मजदूरों को सरकारी क्वॉरटाइन किया जा रहा है

यह प्रस्ताव इंजीनियर इन चीफ ने रखा था अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जरनल डी बी शेकतकर समिति ने इसकी सिफारिश की थी समिति ने युद्धक क्षमता बढाने और सशस्त्र बलों के रक्षा व्यय को नये सिरे से संतुलित करने की अनुशंसा की थी

चौबीस घंटों में इस वायरस से नवासी लोगों की मौत हुई है इसके साथ ही मृतकों की संख्या बढकर एक हजार सात सौ तेरासी हो गई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम में घटी गैस लीक घटना पर दुख व्यक्त किया है अपने संदेष में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत पीड़ा देने वाली है उन्होंने इस हादसे में हताहत होने वाले लोगों के शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की है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

उपायुक्त मुकेश क्मार ने बताया है कि इससे अब बोकारो जिला कोरोना मुक्त हो गया है लेकिन जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अभी भी एहतियात बरत रहा है

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को दिल का दौरा पडने पर रिम्स में भर्ती कराया गया रिम्स के निदेशक डॉ डी के सिंह बताया कि आज रिम्स के चिकित्सको ने श्री प्रकाष का एंजियोप्लास्टी किया उनकी स्थिति अब ठीक है दीपक प्रकाष के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली मुख्यमंत्री के साथ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे रिम्स के सुपर स्पेशियलिटी विंग में भर्ती दीपक प्रकाष को भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में अपना प्रत्याषी भी बनाया है कोरोना महामारी और देषव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यसभा चुनाव स्थगित किया गया है राज्य के शिक्षा मंत्री जगरन्नाथ महतो ने हजारीबाग परिसदन में अधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हए शिक्षा मंत्री श्री महतो ने कहा कि कोरोना के कारण स्कूली शिक्षा को डिजिटल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास की समीक्षा की गई उन्होंने कहा कि डिजिटल शिक्षा से बच्चों को अधिक से अधिक जोडने पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है साथ ही उन्होंने स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं बिजली पानी शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया शिक्षा मंत्री श्री महतो ने विलय के नाम पर बंद किए गए स्कूलों को फिर से प्रारंभ करने की बात दोहराई उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चों की कितांबे पहुंच गई है जिसे बांटने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है

गृह मंत्रालय ने देश के बाहर फंसे भारतीयों और भारत में फंसे विदेशियों के आने जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी संबंधी निर्देश जारी किये हैं इनके अनुसार बेहद जरूरी कारणों से विदेश यात्रा करने वालों और विदेशों में नौकरी छूट जाने की वजह से भारत आने के इच्छुक प्रवासी मजदूरों को यात्रा में प्राथमिकता दी जाएगी अल्पावधि वीजा की अवधि समाप्त होने चिकित्सा संबंधी आपात कारणों गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को भी आने जाने में प्राथमिकता दी जाएगी यात्रा खर्च यात्रियों को ही वहन करना होगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि उनके मंत्रालय ने अगले दो साल में कई सडकों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी विवादों का सहमति से निपटारा करने के लिए लगातार काम कर रहा है श्री गडकरी ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफेक्चर्सस के साथ एक बैठक में कहा कि कारोबार में उतार चढाव आते रहते हैं लेकिन अब ऑटो उद्योग में नकदी बढाने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि अधिकारियों को ऑटो स्क्रैपिंग नीति को अंतिम रूप देने के लिए कहा गया है इससे दीर्घकाल में कीमतें घटाने में मदद मिलेगी उन्होंने सुझाव दिया कि ऑटो विनिर्माण क्षेत्र में नकदी बढ़ाने के लिए विदेशी पूंजी से सस्ते ऋणों की सम्भावना तलाशी जानी चाहिए

इस अनुसंधान में कई जडी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा यह अनुसंधान आयुष मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी मंत्रालय की वैज्ञानिक और और्घोगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से किया जाएगा इसमें भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर भी मदद करेगी आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा

दिल्ली के जी बी पंत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पाण्डे परिचर्चा में हिस्सा लेंगे श्रोता टोल फ्री नंबर एक आठ शून्य शून्य एक एक पांच सात छह सात पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं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

सभी बम को जंगल में ही पुलिस के बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया

आज सबेरे डोरंडा स्थित गोरखा चौक पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा की गई

गिरिडीह के न्यायाधीश निशिकांत ने आज गिरिडीह में बताया कि किसी भी अधिवक्ता को न्यायालय में आने की जरूरत नहीं है केवल मत्वपूर्ण मुकदमों की ही ऑनलाइन सुनवाई होगी

आज उसके घर से तीन किलोमीटर दूर उसकी शव बरामद हुआ पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है

समाप्त